सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा सरकार द्वारा देश की मजबूती के लिये किये जा रहे काम में जन सहयोग जरूरी

इनमें मौत की सजा भी शामिल है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

समाचार एजेंसी ए एनआई के साथ विशेष भेंट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है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 सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आज से विकास प्रदर्शनी साफ नीयत सही विकास शुरू हुई सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस प्रदर्शनी का उदघाटन किया उदघाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड ने कहा कि देश में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है लेकिन हर नागरिक को भी अपने स्तर पर प्रयास करना होगा कार्यक्रम के बाद संवाददताओं से बातचीत में कर्नल राठौड ने कहा कि राजस्थान शुरू से भाजपा का समर्थक रहा है और आगे भी समर्थन करेगा

प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विशेष अभियान चलाया गया इस दौरान मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन करने का काम किया गया प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कोन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे

आज अंतर्राष्ट्रीय यूवा दिवस है इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के यूवाओं को बधाई और शुभकामनाए दी हैं श्रीमती राजे ने अपने संदेश में कहा कि तेजी से आगे बढते राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है

जिसमें देश की सेवा करने वाले शहीद सैनिको को पुष्प चक्र अर्पित कर सेना और पुलिस बैण्ड के माध्यम से सलामी दी जायेगी कार्यक्रम में शहीद सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों का भी सम्मान किया जायेगा

बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है चित्तौड़गढ जिले में उन गांवों को खासतौर से इस अभियान में शामिल किया गया है जहॉ टीकाकरण का प्रतिशत कम है

मानसून की बेरूखी के कारण राज्य के नौ जिले सामान्य से कर्म वर्षा की श्रेणी में आ गये हैं